दुमका और बेरमो विधानसभा सीटों के लिए तीन नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार में तेजी सभी दलों के नेताओं ने झोंकी ताकत

देश की सीमा पर शहीद हुए भारतीय सेना के जवान अभिषेक कुमार साहू को राज्यवासियों ने दी आखिरी विदाई पूरे सम्मान के साथ रांची में हई अंत्येष्टि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

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज सोलह जिलों की इक्हत्तर सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया शाम पांच बजे तक इक्यावन दशमलव नौ एक प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया कोरोना संक्रमण को देखते हये निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये थे सरकार के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हये मतदान संपन्न कराया गया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिहार के दरभंगा मुजफ्फरपुर और पटना में तीन चुनावी सभाओं को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने एक बार फिर उन लोगों को हराने का इरादा कर लिया है जो राज्य में जंगल राज लाए थे और बिहार को लूटा था वे ऐसे लोग हैं जिनके कार्यकाल में अपराध चरम पर था प्रधानमंत्री ने लोगों से विपक्षी दलों के नेताओं से सतर्क रहने को कहा उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ऐसे लोग है जिन्होंने लोगों के लिए बनी परियोजनाओं से पैसा कमाया कृषि ऋण में धोखाधड़ी की और रोजगार सुजन को पैसा कमाने का उद्योग बना लिया था इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी आज महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकी नगर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार ने किसानों से किए गए वायदो को पूरा नहीं किया श्री गांधी ने कहा कि देश के किसान हाल ही में केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीन कृषि अधिनियम से नाराज हैं और वे आंदोलन कर रहे हैं दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है सत्ताधारी गठबंधन के नेता और मंत्री दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कैंप किये हुए हैं दुमका में झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन ने चुनाव की कमान थामी है वे ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं के बीच जाकर पार्टी प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं कांग्रेस कोटे से मंत्री बने बादल पत्रलेख भी दुमका में सकिय हैं जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव बेरमो और दुमका दोनों जगह दौरा कर पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोर्रन ने आज दुमका और बेरमो में चुनावी सभाएं की इधर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने भी इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दी है प्रदेश भाजपा की पूरी टीम बेरमो और दुमका का लगातार दौरा कर रही है केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव प्रचार के अंतिम तीन दिनों में दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी लुईस मरांडी और योगेश्वर महतो के पक्ष में सभाएं करेंगे पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी लगातार दोनों क्षेत्रों में कैम्प कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए अब केवल चार दिन शेष रह गए हैं

कोविड से स्वस्थ होने की दर नब्बे दशमलव आठ पांच प्रतिशत हो गई है

देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों से करीब बारह गुणा हो गई है पिछले चौबीस घंटे में करीब उनसठ हजार रोगी स्वस्थ हए इस दौरान करीब चौवालीस हजार लोगों में संक्रमण की पुष्टि हई इस समय छह लाख दस हजार आठ सौ तीन मरीजों का इलाज चल रहा है जो कुल संक्रमित लोगों का करीब सात दशमलव छह चार प्रतिशत है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगातार कोरोना से बचाव के लिए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील करते रहे हैं इसी कड़ी को सिनेअभिनेता अमिताभ बच्चन ने भी आगे बढ़ाते हुए लोगों से त्योहारी सीजन में विशेष एहतियात बरतने की अपील की है

वहीं स्वस्थ होने की दर लगभग चौरानबे प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में पांच सौ छह संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अबतक तिरानबे हजार आठ सौ चौहत्तर मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वहीं पिछले चौबीस घटो में संकमण के मिले तीन सौ अठारह मामलों के साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या एक लाख दो सौ चौबीस हो गयी है राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को तीन मंत्र दिए हैं उन्होंने लोगों से मास्क लगाने आपस में दो गज की दूरी रखने और हाथों की सफाई करने की अपील की है

इस सिलसिले में भाजयूमों की ओर से आज राजधानी रांची में पंद्रह जगहों पर प्रदर्शन किया गया कार्यक्रम में पार्टी विधायक सीपी सिंह और नवीन जयसवाल भी शामिल हुए पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने घोषण पत्र के जरिए जो भी वायदे किये थे उन्हें पूरा नहीं किया गया महिलाओं के खिलफ होनेवाले अपराध को लेकर राज्य पुलिस गंभीर है इस पर अंकृश लगाने के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं इस सिलसिले में आज रामगढ़ जिले में पुलिस प्रशासने की ओर से एक वेबिनार का आयोजन किया गया इस दौरान जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होनेवाले अपराधों पर नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाये गये हैं लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है जब पीड़ित महिलायें शिकायत करने की हिम्मत जुटायेंगी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक महेश्वर दयाल ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया इस दौरान उन्होनें नक्सल विरोधी अभियानों की स्थिति का जायजा लिया सीआरपीएफ आइजी श्री दयाल ने सारंडा और पोड़ाहाट के जंगलों में सीआरपीएफ के स्थायी सिविरों की स्थापना पर भी पुलिस पदाधिकारियों के साथ चर्चा की इस मौके पर कोल्हान प्रक्षेत्र के डीआइजी राजीव रंजन के अलावा सीआरपीएफ डीआइजी और पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे पलामू जिले के विश्रामपुर अनुमंडल क्षेत्र के केतात स्थित एक कस्टर सर्विस पॉइंट पर धावा बोलकर तीन अथियारबंद अपराधियों ने दो लाख चालीस हजार रुपये लूट लिये जिले के पुलिस अधीक्षक संजीत कमार ने मामले की गहन जांच के लिए एसआइटी का गठन किया है उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला संदेहाष्पद प्रतीत हो रहा है लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हुए सेना के जवान अभिषेक कुमार साहू को रांची वासियों ने आज आखिरी विदाई दी रांची जिले के चान्हों प्रखंड स्थित पैतुक गांव चोरेया में पूरे सम्मान के साथ अभिषेक की अत्येष्टि की गई इससे पहले भारतीय सेना के इस जवान का पार्थिव शरीर कल शाम रांची लाया गया बिरसा मुंडा अवाई अड्डे पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शहीद के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पन किया और उनके प्रति अपनी श्रंद्वाजलि अर्पित की रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सुधारों की गतिविधियां आगे बढ़ाने में सेना को पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि इससे सभी क्षेत्रों में सेना को पूरा लाभ उठाने में मदद मिलेगी आज नई दिल्ली में सेना के कमांडरों के सम्मेलन में रक्षामंत्री ने कहा कि मौजूदा सुरक्षा माहौल में सेना द्वारा की गई पहल ने देश को गौरवान्वित किया है श्री सिंह ने दोहराया कि सरकार सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी उन्होंने कहा कि भारतीय सेना आजादी के बाद से ही देश की सुरक्षा और सम्प्रभुता की चुनौतियों से निपटने में सफल रही है रक्षा मंत्री कहा कि सेना ने आतंकवाद उग्रवाद और बाहरी हमर्लो के खतरों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बांग्लादेश और भारत के बीच विमान सम्पर्क आज फिर शुरू हो गया दोनों देशों के बीच एयर बबल समझौते के तहत ढाका से दो उड़ानें रवाना हुई ढाका में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी और बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अध्यक्ष एयर वाइस मार्शल मफीद्र रहमान ने इस सेवा का उद्घाटन किया कोरोना संक्रमण के कारण दोनों देशों के बीच करीब आठ महीने बाद फिर से उड़ान सेवाएं शुरू हुई हैं इससे दोनों तरफ के यात्रियों खासतौर से भारत में तत्काल मेडिकल सहायता के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी एयर बबल समझौते के तहत सप्ताह में अट्ठाइस उड़ानें बांग्लादेश से और अट्ठाइस भारत से संचालित होगी बांग्लादेशी एयरलाइन्स की उड़ानें ढाका से दिल्ली कोलकाता और चेन्नई आएगी जबकि भारतीय उड़ाने दिल्ली कोलकाता चेन्नई और मुम्बई से ढाका जाएंगी और अब संक्षिप्त खबरें पलामू जिले में उपायुक्त शशिरंजन की अध्यक्षता में आज जिलास्तरीय अनुश्रवण एवं मूलयांकन समिति की बैठक हई बैठक के दौरान एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों पर चर्चा हई इस दौरान बीस मामलों के लिए राशि भुगतान की स्वीकृति दी गयी लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र में शराब के नशे में एक पिता अपने पुत्र की हत्या कर दी

गढ़वा जिले की सीमा इस नदी के माध्यम से बिहार से जुडती है राजधानी रांची से पंद्रह सोलह किलोमीटर दूर पिस्का नगड़ी जंगल में हाथियों के एक झुंड के पहुंच जाने से लोग परेशान हैं वन विभाग की रेस्क्यू टीम हाथियों को रिहाइसी इलाके से दूर करने का प्रयास कर रही है